कल से शुरू हुए इस सम्मेलन का आयोजन अमरीका भारत व्यापार परिषद ने किया है परिषद के गठन की पैंतालीसवीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इसका आयोजन किया गया है इस वर्ष का विषय है बेहतर मविष्य का निर्माण प्रवानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि वह शिखर सम्मेलन को संबोधित करने के लिए उत्सक हैं हमारे संवाददाता ने बताया है कि इंडिया आइडियाज शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री कोरोना और उसके बाद के परिवेश में भारत और अमरीका की साझा भूमिका को रेखांकित करते हए अपने विचार रखेंगे इस सम्मेलन में दोनों ही देशों के बीच पारस्परिक संबंधों सहित कोविड महामारी के बाद उत्पन्न परिस्थितियों की चर्चा और मुल्यांकन पर बल दिया जायेगा सम्मेलन में भारतीय और अमरीकी सरकार के नीति निर्माताओं सहित उच्चस्तरीय अधिकारी व्यापार और समाज के अन्य प्रतिष्ठित लोग भी उपस्थित रहेंगे शिखर सम्मेलन में मृख्य वक्ताओं में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो भी होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के कोविड अस्पतालों में कोरोना संक्रमण के मरीजों के लिए उपचार की व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के निर्देश दिए हैं लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर आज एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हए उन्होने कहा कि प्रदेश में एल वन एल ट तथा एल थ्री श्रेणी के कोविड अस्पताल स्थापित किए गए हैं जिनके माध्यम से कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है उन्होंने कन्टेनमेंट जोन में विभिन्न गतिविधियों को प्रतिबन्धित रखे जाने के प्राक्यानों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यालयों तथा संस्थानों में स्थापित कोविड हेल्य डेस्क का सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जाए उन्होंने अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा को कानप्र नगर में कोविड नाइन्टीन के उपचार के लिए की गई व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के निर्देश दिये औठ मुख्यमंत्री ने कोरोना के प्रसार को रोकने में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया उन्होंने कहा कि यह कार्य अत्यन्त साक्यानी व धैर्य के साथ सुव्यवस्थित ढंग से किया जाए अधिक से अधिक टेस्ट किए जाने पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि रैपिड एन्टीजन टेस्ट की संख्या में वृद्धि की जाए मुख्यमंत्री ने कोविड नाइन्टीन के गम्भीर रोगियों के उपचार में प्लाज्मा थेरेपी को उपयोगी बताया

प्रदेश सरकार ने कोविड नाइन्टीन संक्रमण से स्वस्थ होने वाले रोगियों को अस्पताल से छुट्टी देने की संशोधित नीति जारी की है अब राज्य में किसी भी रोगी को अस्पताल से छट्टी देने में नये दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा रोगियों के बारे में जानकारी पर नजर रखने के लिए एक वेबवसाइट यूपी कोविड नाइन्टीन ट्रैक डॉट आईएन बनायी गयी है हमारे संवाददाता ने बताया है कि नए दिशानिर्देशों के अनुसार होम आइसोलेशन में रह रहे बिना लक्षण वाले मरीजों को दस दिनों तक कोई लक्षण न दिखने पर बीमारी से मुक्त माना जाएगा कोविड अस्पतालों में भर्ती बिना लक्षण वाले मरीजों को पहली जांच के दसवें दिन अथवा भर्ती कराये जाने के सातवें दिन तक कोई लक्षण न दिखायी देने पर अस्पताल से छटटी दी जाएगी हल्के लक्षण वाले मरीजों के नमनों की जांच पहला नमना लिये जाने के आठवें दिन ट्रनैट मशीन से की जायेगी और अगर ये निगेटिव रहती है तो जांच के लिए पहला सैम्पल लिये जाने या लक्षण नजर आने के दसवें दिन उन्हें अस्पताल से छटटी दे दी जाएगी मध्यम और तेज लक्षणों वाले कोविड मरीजों के फॉलोअप के जांच नमूने लक्षण नहीं दिखने के तीन दिन बाद लिये जायेंगे और अगर ये निगेटिव रहते हैं तो उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हए प्रतापगढ़ जिला प्रशासन ने नगरपालिका क्षेत्र में पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया है जिलाधिकारी डॉक्टर रूपेश कुमार की ओर से जारी निर्देश के अनुसार नगरपालिका क्षेत्र में चौबीस जुलाई की रात दस बजे तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा उधर बलिया जनपद में कोरोना संक्रमण के तेजी से प्रसार को देखते हए जिलाधिकारी ने नगर और इसके आसपास के इलाकों में लॉकडाउन को छब्बीस जुलाई तक बढ़ाने के निर्देश दिए हैं

जिले के छितौनी तटबंध के भैंसहा गेज पर नदी खतरे के निशान से इक्कीस सेंटीमीटर ऊपर बह रही है जलस्तर बढ़ने से खड्डा क्षेत्र के कई गांवों में बाढ़ की स्थिति बन गई है वार्षिक अमरनाथ यात्रा इस वर्ष कोविड नाइन्टीन महानारी को देखते हए रद्द कर दी गई है हालांकि पारम्परिक अनुष्ठान बिना किसी व्यव्धान के सम्पन्न कराए जाएंगे पावन गुफा के दर्शन के लिए सुबह और शाम की आरती का टेलीविजन से सीधा प्रसारण किया जाएगा